इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पृष्पांजलि अर्पित की बाद में उन्होंने वहां उपस्थित विशाल जनसमृह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई प्रधानमंत्री ने गुजरात पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कर्भियों की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को भी देखा देश भर में सात सौ से ज्यादा जिलों में आयोजित एकता दौड़ में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की एकता में सरदार पटेल के महान योगदान को याद किया उन्होंने विविधता में एकता के महत्व को रेखांकित किया और संकट की रिथति में लोगों में भाई चारे की भावना की जरूरत बताई

जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी सरदार साहब आपका जो सपना अध्रा था अब वो दीवार गिरा दी गई है श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता आयेगी और यहां के लोगों के साथ हो रहा भेदभाव समाप्त होगा जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक स्थिरता आएगी अब निजी स्वार्थ के लिए सरकारें बनाने और गिराने का खेल बंद होगा अब क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के शिकवे और शिकायतें खत्म हो जाएंगी अब कॉपरेटिव फेडरलिज्म की असली भागीदारी विकास यात्रा के लिए कदम से कदम मिला कर के चलने का युग का आरंभ होगा दो हजार चौदह से इकतीस अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस दिन सभी वर्गों के लोग एकता दौड़ में शामिल होते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह जीपीओ पार्क प्रांगण में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्री योगी ने सरदार पटेल के बलिदान को याद करते हुए कहा कि आजादी के बाद रियासतों को जोडने का काम लौह प्ररुष सरदार पटेल ने किया था उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने पांच सौ तिरसठ रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया था इसलिए हम देश को बांटने वालों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने आज गौरीगंज में सरदार पटेल को पू पांजलि अर्थित कर रन फॉर यनिटी को रवाना किया गोरखपुर में स्थानीय सांसद रविकिशन ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया और काली मंदिर स्थित सरदार वल्लम भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

प्रतापगढ में प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने जिला कलेक्टेट पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एकता दौड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जौनपुर में जिलाधिकारी दिनेश कमार सिंह और पुलिस अधीक्षक रविशंकर ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सुल्तानपुर में स्थानीय सांसद मेनका गांधी ने पंत स्टेडियम से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया हमीरपुर में रा ट्रीय एकता दिवस पर राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किये गये और कृष्ठ आश्रम व वृद्वाश्रम में भोजन बांटा गया औरैया मऊ आजमगढ चित्रकृट कानप्र बलिया कुशीनगर मथुरा महोबा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने जम्मू श्रीनगर और लेह में रेडियो स्टेशनों का नाम बदलकर आकाशवाणी जम्मू आकाशवाणी श्रीनगर और आकाशवाणी लेह करने की घोषणा की है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रसार भारती सचिवालय नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसार भारती बोर्ड की स्वीकृति से केन्द्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया है